उन्होंने चौथे भारत ऊर्जा मंच का किया उदघाटन प्रधानमंत्री आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से करेंगे वार्ता प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने चिकित्सा संस्थानों से आत्मनिर्मर भारत के अभियान में सहयोग का किया आह्वान

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत की ऊर्जा विश्व को ऊर्जा प्रदान करेगी सेरावीक संस्था द्वारा आयोजित चौथे भारत ऊर्जा मंच का उदघाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और देश का ऊर्जा भविष्य उज्जवल और सुरक्षित है प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत विश्व अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा श्री मोदी ने कहा कि कम कार्बन उत्सर्जन के साथ हमारा ऊर्जा क्षेत्र विकास केंद्रित उद्योगों के अनुकूल तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जिम्मेदार होगा उन्होंने कहा कि भारत घरेलू उड्डयन सेवा के मामले में तीसरा सबसे बड़ा और तेजी से विकास करने वाला उड्डयन बाजार है प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि भारत ऊर्जा के नवीकरणीय स्नोतों को बढ़ाने की दिशा में सबसे सक्रिय राष्ट्रों में से हैं उन्होंने कहा कि भारत की ऊर्जा योजनाएं ऊर्जा के अनुकूल है और वे सतत लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वैश्विक प्रतिबद्वताओं को पूरा करती हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा वैश्विक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए काम करता है और हम विश्व को दिए वचन को निभाने में लगे हुए हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की शोधन क्षमता दो हजार पच्चीस तक दो सौ पचास से चार सौ मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हो जाएगी सरकार की प्राथमिकता देश में घरेलू गैस उत्पादन बढ़ाने की है उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड के साथ गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना है प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले छह वर्ष में एक करोड़ दस लाख से अधिक स्ट्रीट लाइटों को स्मार्ट एलईडी में बदला गया है इससे लगभग साठ अरब यूनिट प्रतिवर्ष की बिजली बचत हुई है उन्होंने कहा कि इस योजना से साढ़े चार करोड़ टन से अधिक कार्बन डाईऑक्साईड उत्सर्जन में कमी आई है उन्होंने कहा कि इससे लगमग चौबीस हजार करोड़ रूपये प्रतिवर्ष की बचत भी हई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से संवाद करेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना इस साल पहली जून से शुरू की गई थी इसका उद्देश्य कोविड से प्रभावित पटरी और रेहड़ी वालों के लिए आजीविका से जुड़ी गतिविधियां शुरू करना है इस योजना के तहत देश में अब तक चौबीस लाख आवेदन प्राप्त हो चुके हैं जिनमें से बारह लाख को स्वीकृति दे दी गई है प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत छह लाख चालिस हजार से भी अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से तीन लाख बासठ हजार से भी अधिक आवेदनों को स्वीकृति दे दी गई है राज्य में दो लाख उन्सठ हजार से अधिक लाभार्थियों को ऋण वितरित किये गये हैं प्रधानमंत्री की लाभार्थियों के साथ होने वाली इस वार्ता का दूरदर्शन समाचार पर सीधा प्रसारण किया जाएगा प्रदेश ने केन्द्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रम प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि योजना के कार्यान्वयन में पहला स्थान हासिल किया है राज्य सरकार ने इस योजना के तहत देश में सबसे अधिक संख्या में ऋण मंजूर किये हैं

इन सभी स्थानों पर सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए लाइव टेलीकास्ट के इंतजाम किये गाय है प्रघानमंत्री के संबोषन से पहले इस योजना पर आयारित एक फ़िल्म का भी प्रदर्शन किया जायेगा स्वनिषि योजना के तहत प्रदेश में लगभग सात लाख रेहड़ी पटरी दुकानदारों की पहचान की गई है जिसमं से छह लाख चालीस हजार ने स्वनिषि योजना के तहत कर्ज के लिए आवेदन किया था

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उनकी सरकार का लक्ष्य प्रदेश के पांच लाख दुकानदारों को इस योजना का लाभ दिलाने का है राज्य को इस योजना के तहत तीनों श्रेणियों आवेदन स्वीकृति और लोन के वितरण में पहला स्थान मिला है

सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ देश प्रतिवर्ष इकत्तीस अक्तूबर को लौहपुरुष सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाता है जयंती समारोह के अवसर पर आकाशवाणी अपने अमिलेखागार से सरदार पटेल के चुने हुए भाषणों के अंश प्रसारित कर रहा है प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि चिकित्सा संस्थान कौशल तकनीक संवर्धन के साथ स्थानीय संसाधनों और श्रम शक्ति को सशक्त बनाते हुए आत्मनिर्मर भारत के अभियान में सहयोग करें उन्होने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में शिक्षण संस्थाओं को अवसर मिला है कि वे समाज की वर्तमान चनौतियों के समाधान और भविष्य की जरूरतों के अनुसार शिक्षण व्यवस्था में परिवर्तन करके ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करें जिसमें ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ा जा सके राज्यपाल कल वर्चुअल माध्यम से अलीगढ़ के धर्म समाज कॉलेज ऑफ फार्मेसी के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण कर रही थीं इस भवन में आधुनिक पुस्तकालय कंप्पूटर कक्ष और प्रयोगशालाओं में विद्यार्थियों के लिए शोध करने के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं उन्होंने कहा कि सामाजिक स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत औषधियों की उपयोगिता और उनके हानिकारक प्रभावों पर जागरूकता फैलाने की जरूरत है उन्होंने कहा कि सरकार की जन औषधि योजना में जन साधारण को सस्ती औषधि उपलब्ध कराने में फार्मेसी संस्थाओं का प्रमुख योगदान है राज्यपाल ने कहा कि विकास के लिए विज्ञान और तकनीकी बहुत आवश्यक है देश का सत्त विकास इसी पर टिका हुआ है प्रदेश सरकार ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को बढाने के एक बड़े कदम के तौर पर हर जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस थानों की स्थापना करने का फैसला किया हे इन पुलिस स्टेशनों को मामलों को स्वतंत्र ढंग से दर्ज करने और उनकी जांच करने का अधिकार दिया जाएगा राज्य सरकार चालिस नई मानव तस्करी विरोधी इकाइयों को पुलिस थानों के तौर पर स्थापित करेगी जो कि मामलों को दर्ज करने के साथ ही उनके तहकीकात भी करेंगी इससे पहले राज्य में सिर्फ पैंतीस जिलों में ही मानव तस्करी विरोधी इकाइयों के पूलिस थाने थे जो दो हजार ग्यारह और दो हजार अट्ठारह में बनाए गए थे ये नए पूलिस थाने केंद्र सरकार के महिला सुरक्षा प्रभाग के निर्देशों पर स्थापित किए जा रहे हैं केंद्र सरकार ने इनकी स्थापना के लिए धन भी आवंटित किया है अब तक मानव तस्करी से जुड़े किसी भी मामले में मानव तस्करी विरोधी इकाई द्वारा जिले के कैंट पुलिस पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया जाता था मुकदमा दर्ज होने के बाद स्थानीय पुलिस उसकी तहकीकात करती थी

कोरोना से संबंधित दिशा निर्देशों सोशल डिस्टॅसिंग और मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करने के नियम का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये

मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि जिन जिलों में पॉजिटीविटी दर ज्यादा है उन जनपदों में विशेष ध्यान दिया जाये और टेस्टिंग की क्षमता बढाई जाये

पिछले छत्तीस घंटों के दौरान राज्य में कोरोना के एक हजार आठ सौ चौदह नये मामले सामने आये जबकि इस दौरान दो हजार चार सौ पचास कोरोना मरीज ठीक हो गये